प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निवेश करने के लिए विभिन्न कंपनियों व कारोबारियों को आमंत्रित किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भारत थाईलैंड व अन्य आसियान देशों के साथ सम्पर्क को बेहतर करने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है समारोह में आदित्य बिइला ग्रंप के अध्यक्ष क्मार मंगलम बिड़ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व का कद ऊंचा किया है भारत और आसियान देश ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया है बैंकाक में आज विदेश मंत्रालय के सचिव विजय सिंह ठाकूर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के मुददे को भारत आसियान बैठक के दौरान उठाया और कहा कि आतंकवाद शांति और सुरक्षा के प्रति चुनौती है श्री ठाकुर ने कहा कि श्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रय्क्त ओ चान और इंडोनेशिश के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात की प्रय्त ओ चान ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा उद्योग के क्षेत्र मे संभावनाओं और सहयोग तलाशने पर सहमति हई है सरकार निर्भया कोष की सहायता से मानव तस्करी को रोकने के लिए सभी जिलों में इकाई सथापित करेगी केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाया कि देश के सभी प्लिस थानों में महिलाओं की सहायता के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं की स्रक्षा को मजबूती प्रदान करेगी और उनमे भय की भावना दूर करेगी

हरियाणा विधानसभा के नये चुने गये सदस्यों को कल चंडीगढ़ में शपथ दिलाई जायेगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बेरी विधानसभा हलके के चुने गये विधायक रघुवीर सिंह कादियान को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो नये सदस्यों को शपथ दिलायेंगे शपथ बाद स्पीकर व डिप्टी स्पीकर का बकायदा चुनाव किया जायेगा परसों मंगलवार को हरियाणाके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य विधानसभा में अपना भाषण देंगे और इस भाषण पर बहस के बाद ब्धवार को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी विधानसभा च्नाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी ने मिलकर प्रदेश सरकार का गठन किया और अभी तक म्ख्यमंत्री और उप म्ख्यमंत्री ही बनाये गये है जबिक मंत्रिपरिष्द का गठन बाद में होगा

पिछले रविवार को श्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी जबकि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री वाली दो मंत्री वाली मंत्रिपरिषद का विस्तार इस तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के बाद होगा

श्री विर्क ने लोगों से आग्रह किया वे सड़क पर चलते हये ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करे और अपने साथ साथ द्रसरों के बहमूल्य जीवन की भी रक्षा करें

जिला करनाल में अब तक सर्वाधिक पौने सोलह लाख टन धान खरीदा गया है हरियाणा सरकार ने केन्द्र से दिल्ली में प्रद्वषण की स्थिति को लेकर दिल्ली हरियाणा उत्तरप्रदेश राजस्थान और पंजाब की तत्काल आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है ताकि इससे निपटने हेत् ठोस कदम उठाये जा सके प्रदेश के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेर को पत्र लिखकर आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है ताकि प्रद्षण नियंत्रण के लिए द्रगामी कदम उठाये जा सके दृष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस सम्बध में चर्चा हई है और कहा कि आपात बैठक में तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि दिल्ली की वायू में विदयमान प्रदूषकों में फसल अवशेष जलाये जाने के परिणाम स्वरूप् उत्पन होने वाले प्रद्वषक कितने प्रतिशत है

बख्ताखेड़ा के ग्रामीणों ने सराहनीय पहल करते हये न केवल पराली को न जलाने का निर्णय लिया बल्कि इसे रोज़गार का साधन भी बनाया उन्होंने किसानों की पराली को इकट्ठा कर उसे मशीन से बरीकी से काट कर उसे राजस्थान बेचकर आते है और आय भी अर्जित कर रहे है इंडियन नैशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज चंडीगढ़ में पार्टी की प्रेदश कार्यकारिणी की बैठक ली जिसमे इनैलो के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल दास ालिया सभी हल्का व जिला प्रधान सभी प्रकोष्ठों के संयोजक व कार्यकर्ता मौजूद थे अभय चौटाला ने हाल ही चुनाव में सम्मपन्न हये विधानसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा की त्था माना कि पार्टी कार्यकर्ताओं से सुझाव व प्रतिक्रया ली और माना कि पार्टी की नीतियां लोगों तक ठीक से नहीं पहंची जिसके कारण चुनाव मे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा अभय चौटाला ने इस बात पर जोर दिया कि इस सयम कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें लोगों के बीच जाकर इनेलों की नीतियां अवगत करनी चाहिए श्री चौटाला ने कहा कि वे पहली दिसम्बर से हरियाणा के हर जिले में जाकर पार्टीसंगठन का मजबूत करने के लिए बैठक करेगे पूर्व विधायक नफे सिंह राकी के इस प्रस्ताव को कार्यकारी ने पारित किया गया जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया कि किसानों की फसले न्यूनतम समर्थन मुल्य प बिना परेशानी से खरीदी जाये अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज रोहतक के जसिया में हई इसकी अध्यक्षता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने की

हरियाणा की पूर्व शहरी स्थानीय विकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि उनकी और राजीव जैन की जोड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पहले जितनी शिददत के साथ ही काम करेगी